इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

रेल कोविड कोच रेल मंत्रालय ने देश में कोविड संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर तकरीबन चार हजार कोविड देखभाल कोच बनाए गए है

प्रदेश कोरोना म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से फोन पर चर्चा के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए की जा रही व्यवस्थाओं एवं प्रयासों से अवगत कराया इस दौरान श्री मोदी ने राज्य में लगाए गए स्वतःस्फूर्त कोरोना कर्फ्यू और जनभागीदारी से कोरोना नियंत्रण के प्रयासों की प्रशंसा की वहींप्रदेश में लगातार पॉजिटिविटी दर घट रही है

संक्रमण से स्वस्थ्य होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है

सांसद राकेश सिंह ने बताया कि भिलाई स्टील प्लान्ट से चार टैंकर की माँग की गई थी जिसमें अब तक दो टैंकर आ च्के हैं और बाकी के दो टैंकर भी एक एक कर जबलप्र आ जाएँगे

वहीं बोकारो से शासकीय मेडिकल कालेज साग़र के लिए लिक्विड आक्सीजन लेकर चला टेंकर आज सुबह सागर पहुच गया

छिन्दवाड़ा में अधिकारियों चिकित्सकों और उनकी टीम की मेहनत रंग ला रही है परिणामस्वरूप कई मरीज कोरोना से जंग जीतकर अपने घर को लौट रहे हैं वहींजिले के पांढर्णा विकासखंड के ग्राम खेड़ीकला में ग्राम विकास प्रस्फ्टन समिति और बी एस डबल्यू के छात्रों और कोरोना वॉलंटियर्स द्वारा गाँव में घर घर जाकर मास्क का निशल्क वितरण किया जा रहा है

कटनी में जिला स्तरीय कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर के माध्यम से सतत् रुप से प्राप्त शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है